पीएम संवाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अधिकारों के बजाय कर्तव्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए

उन्होंने कहा कि इन बच्चों ने कठिन परिस्थितियों में लड़ने का साहस दिखाया है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित बच्चों के कार्यो की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि बच्चे समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर जागरूक हैं उन्होंने कहा कि उन्हें बच्चों से प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यक्ति को सराहनाओं और उपलब्धियों से संतुष्ट होकर नहीं बैठना चाहिए बल्कि देश के प्रति आगे भी योगदान करने के बारे में सोचना चाहिए राष्ट्रपति मुलाकात संशोधित नागरिकता कानून के समर्थन में रिटायर्ड जज पूर्व नौकरशाह सेना के पूर्व अधिकारी और प्रबुद्व लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की और सीएए के समर्थन में राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात के दौरान देश भर में नागरिकता कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों पर चिंता जताई प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के मुताबिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हक देश के सभी नागरिकों को है लेकिन अगर इन प्रदर्शनों से किसी भी तरह का नुकसान होता है तो इसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता गन्ना बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि गन्ना किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के संबंध में समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने चीनी मिलों के आध्रनिकीकरण गन्ना उत्पादों के विविधीकरण ऊर्जा उत्पादन और एथेनाल उत्पादन पर ध्यान देने को कहा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गन्ना मूल्य भुगतान किसानों को समय पर करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि गन्ने का उपयोग विभिन्न उत्पादों के लिए होने से किसानों की आर्थिकी में कितना सुधार होगा इसका पूरा अध्ययन किया जाय साथ ही उन्होंने चीनी मिलों के आध्निकीकरण पर ध्यान देने के निर्देश भी दिये

इससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के संवर्धन में मदद मिलेगी

नगरीय स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित हरिद्वार जिले के भूपतवाला में अर्बन सीएचसी की अनुमति प्राप्त हुई है

बैठक में देहरादून जिले में उच्च गुणवत्तापरक रक्त सुविधाओं के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ब्लड बैंक की स्थापना की अनुमति प्राप्त हुई है जिससे किसी भी आपातकालीन स्थिति में रक्त की सुलभता होगी पीटीए शिक्षक बैठक देहरादून में पीटीए शिक्षकों के मानदेय के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में पीटीए शिक्षकों की नियुक्ति में पारदर्शिता निर्धारित आवश्यक अर्हता और योग्यता के साथ ही नियमानुसार सम्यक प्रकियाओं के तहत कार्यवाही किये जाने पर विचार किया गया

बैठक में मुख्यमंत्री ने एसआईटी जांच में गलत तरीके से शिक्षक बनने वालों के विरुद्ध योग्य अधिकारियों की समिति गठित कर कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि योग्य शिक्षक ही छात्रों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं उन्होंने हर हाल में शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने पर जोर दिया

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के प्रभारी मुख्य आयुक्त डीएसगर्ब्याल ने वर्कशॉप में उपस्थित अधिकारियों से आयोग के विजन और मिशन के बारे में जानकारी दी मुख्य आयुक्त ने उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन सेवा आवेदनों के निस्तारण और जन सामान्य को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं में पारदर्शिता समयबद्वता और जवाबदेही सुनिश्चित किये जाने पर बल दिया उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुधारों का आशय नागरिकों को सुलभता सरलता और बिना किसी भेदभाव के सेवायें उपलब्ध कराना है राष्ट्रीय बालिका दिवस उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाली बेटियों को लैपटॉप देगी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पौड़ी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि पूरे देश के अनुपात में उत्तराखंड में बेटियां सबसे सुरक्षित हैं साथ ही अन्य प्रदेशों की तुलना में राज्य की बेटियां ज्यादा शिक्षित हो रही हैं

राज्य के अन्य जिलों में भी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है देहरादून में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया

साथ ही इन बालिकाओं को उपहार स्वरूप स्मार्ट फोन भी दिए गए इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है और इस ओर निरंतर काम कर रही है राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बागेश्वर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में मां के गर्भ से लेकर बेटियों के जन्म तक की प्रक्रिया को स्लाईड शो के माध्यम से दिखाया गया इस मौके पर दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में प्रथम आने वाली बालिकाओं को पुरस्कृत भी किया गया इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि समाज को बेटियों के प्रति अपनी विकृत मानसिकता को त्यागकर बेटियों के प्रति सकारात्मक नजरिया अपनाना होगा चम्पावत जिले के गोरलचौड़ मैदान में बालिका महोत्सव का आयोजन किया गया कार्यक्रम में जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर रीता गहतोड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा चलाई गई योजना से आज बेटियों को सम्मान मिल रहा है अल्मोड़ा जिले में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया राजकीय इण्टर कालेज हवालबाग में हुए एक कार्यक्रम के दौरान उपस्थित बालिकाओं को गुड़ टच बैड टच के बारे में बताया गया इसके अलावा बच्चों को निर्भया नन्दा गौरादेवी योजनाओं के बारे में बताया गया जिले के सभी ब्लॉकों स्कूली छात्र छात्राओं को कन्या भ्रूण हत्या और महिला सशक्तीकरण के बारे में जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक स्लोगन और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गई भगत दौरा भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा है कि प्रदेश में पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया जाएगा

उन्होंने बताया कि सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर चलना और उनकी समस्याओं को सुनना उनकी प्राथमिकता रहेगी ताकि सभी कार्यकर्ताओ मे आपस मे तालमेल बना रहे

इस अवसर पर पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक नरेंद्र कौशल ने मिशन के बारे में जानकारी देते हुए प्रतिभागियों को गीत संगीत के जरिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में जागरूकता लाने को कहा

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

इस बार यह कार्यक्रम शाम छह बजे प्रसारित किया जाएगा इससे पहले सामान्यंता यह कार्यक्रम दिन के ग्यारह बजे प्रसारित होता था